डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत और तीन अन्य घायल प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व आज पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

इन हवाई अड्डों में जयपुर सहित अहमदाबाद लखनऊ गुवाहाटी तिरूवनंतपुरम और बैंगलुरू शामिल है कल शाम नई दिल्ली में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा मंत्रिमंडल ने एक अन्य निर्णय में गृहमंत्रालय के अधीन शत्र संपति के शेयर की बिक्री के लिए नियम और तौर तरीके बनाने को मंजूरी दे दी है

उन्होंने कहा कि गरीब वर्गों को भी व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से वित्तीय समावेश का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम था नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नई दिल्ली में श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने पहले विदेशों में काले धन के खिलाफ कदम उठाया वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सम्पत्तिधारकों से बेनामी संपति का जुर्माना जमा कर काले धन को स्वदेश लाने को कहा अर्थव्यवस्था में बेनामी नकदी चलन में थी विशेषकर इसका चलन बड़े नोटों के जरिए ज्यादा होता था केन्द्र सरकार का उद्देश्य उनके धन के स्रोतों को बंद करना नहीं था बल्कि ये पता लगाना था कि उनके पास कितना अवैध धन है जिसका टैक्स नहीं भरा जा रहा है वित्तमंत्री ने कहा कि नोटबंदी और वस्तु सेवा कर के क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में नकदी में लेन देन पर रोक लगी है

श्री जेटली ने कहा कि व्यक्तिगत कर वसूली में नोटबंदी का असर देखा गया इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को त्रासदी की संज्ञा दी है और उसे आत्मघाती हमला बताया है जिसने लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया और हजारों छोटे भारतीय व्यापारी तबाह हो गए उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सबसे अधिक नुकसान गरीब लोगों को हुआ है वस्तु और सेवा कर जीएसटी से ऐसे अनेक सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने में मदद मिली है जो पहले अनौपचारिक क्षेत्र में थे आकाशवाणी को दिये विशेष साक्षात्कार में सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय सचिव अरुण कुमार पांडा ने बताया कि इन उद्योगों से रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर मिलते हैं सरकार ने निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि जीएसटी के तहत रिफंड जारी करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है और निपटान करने की गति लगातार बढ़ रही है वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि विचाराधीन मामलों में जैसे ही मांगी हुई जानकारी मिले और उसकी योग्यता हो तो तुरन्त बचे हुए रिफंड का भुगतान भी किया जा सके निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी उम्मीदवार के आपराधिक मामलों का प्रचार करने पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च का हिस्सा माना जाएगा यह खर्च उम्मीदवार और उसका राजनीतिक दल उठायेगा यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद की गयी है विधानसभा चुनावों के लिये पार्टी के चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं है लेकिन उम्मीदवार का खर्च बीस से अट्टाईस लाख रुपये के बीच होना चाहिये निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि नामांकन भरने के बाद आपराधिक मामले की स्थिति बदल जाती है और उम्मीदवार चाहे तो चुनाव अधिकारी को बदली हुई स्थिति की जानकारी दे सकते हैं तथा नई स्थिति प्रकाशित करा सकते हैं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन है

निर्वाचन विभाग विभिन्न माध्यमों के जरिये लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहा है

आज भाईद्ज है दीपोत्सव के पांचवें और अंतिम दिन भाई बहन के प्रेम का यह पर्व मनाया जाता है इस दिन बहनें अपने भाईयों को तिलक लगाकर लम्बी उम्र की कामना करती है वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन लेते है राजधानी जयप्र में आज सवेरे से मिठाई की द्वानों पर खरीददारों की भीड़ देखी जा रही है चूरू में भाईदूज के मौके पर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है इस दौरान बसों में खासी भीड़ देखी जा रही है इससे पहले कल प्रदेशभर में गोवर्धन और अन्नकृट पर्व मनाया गया हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में अन्नकूट उत्सव परम्परानुसार मनाया गया पुष्टि मार्गीय श्रीनाथजी मंदिर में पांच दिवसीय दीपोत्सव के तहत गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव को श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है इस दौरान गुजरात महाराष्ट्र मध्यप्रदेश सहित प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्वालु यहां पहुंचते है और उत्सवों में भाग लेते है

सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक साजो सामान की खरीददारी की प्रकिया में तेजी से फैसले करने के उद्देश्य से यह वित्तीय अधिकार बढ़ाये गये हैं इस निर्णय से सेना के उप प्रमुखों के अधिकार में पांच गुना वृद्धि हो गई है अब उप प्रमुखों को पांच सौ करोड़ रुपये तक के वित्तीय अधिकार मिल गए हैं इससे तीनों सशस्त्र बलों की क्षमता को और बढावा मिलेगा प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर ठंड का असर बना हुआ है चुरु में ठंड का अहसास होने लगा है रात का पारा नीचे जाने से सर्दी बढ़ी है दौसा जिले में भी सर्दी का असर बना हुआ है

दिव्यांगता के लिए वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा एक क्षमता निर्माण परियोजना है जो दिव्यांगजन को आईसीटी की सहायता से उनकी कमियों पर विजय पाने में मदद करता है